सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निःसंकोच टीका लगवाएं सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स फंड से एक लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर की खरीद को मंजूरी दी है चिकित्सा ऑक्सीजन आपूर्ति में सुधार करने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि इन ऑक्सीजन कसेंट्रेटर्स को जल्द से जल्द खरीदा जाना चाहिए और उच्च प्राथमिकता वाले राज्यों को भेजा जाना चाहिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में कोविड की रिथति से निपटने के लिए सेना की तैयारियों और पहलों की आज समीक्षा की प्रधानमंत्री और सेनाध्यक्ष एमएम नरवणे ने कोविड प्रबंधन में मदद के लिए सेना की विभिन्न पहलों और उपायों पर विचार विमर्श किया सेना प्रमुख नरवणे ने प्रधानमंत्री को बताया कि सेना ने अपने चिकित्सा कर्मचारियों को राज्य सरकारों की सेवा में तैनात किया है उन्होंने कहा कि सेना देश के विभिन्न भागों में अस्थायी अस्पताल बना रही है सेनाध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को जानकारी दी कि सेना अपने अस्पतालों को नागरिकों के लिए भी खोल रही है उन्होंने कहा कि सेना उन स्थानों पर आयातित ऑक्सीजन टैंकरों और वाहनों के लिए जनशक्ति के साथ मदद कर रही है जहां उनके प्रबंधन के लिए विशेष कौशल की आवश्यकता है केन्द्र सरकार ने देश में कोविड महामारी की स्थिति के कारण बढती मांग के बीच महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरणों के आयात की प्रक्रिया तेज कर दी है

अब तक डेढ करोड से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं

पिछले कुछ हफ्तों के दौरान प्रदेश में स्वस्थ होने वालों की संख्या संक्रमित होने वाले लोगों से अधिक है राज्य सरकार द्वारा कोविड जांच की संख्या में भी कुछ कमी दर्ज की गई है

रेलये ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलगाडियों से देश के विभिन्न भागों में लगातार ऑक्सीजन की आपूर्ति कर रहा है रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि छठी ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलगाडी बोकारो से तरल ऑक्सीजन लेकर लखनऊ के लिए रवाना हो गई है इससे उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ेगी प्रदेश में आज पंचायत चुनाव के चौथे और अंतिम चरण का मतदान अब से थोड़ी देर पहले शान्तिपूर्ण रूप से सम्पन्न हो गया

राज्य चुनाव आयोग ने मतदान के दौरान कोविड दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के आदेश दिये थे सभी चरणों की मतगणना आगामी दो मई को होगी उत्तराखण्ड में कोविड संक्रमण में बढ़ोतरी के कारण चारधाम यात्रा रद्द कर दी गई है वहां के मुख्यमंत्री ने आज संवाददाताओं को बताया कि चारों धामों के लिए वेब पोर्टल निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार खुलेंगे चारों धामों के तीर्थ पुरोहित और पुजारी पहले की तरह विधि विधान से पूजा सम्पन्न कराएंगे लेकिन श्रद्वालुओं को भाग लेने की अनुमति नहीं होगी गंगोत्री यमुनोत्री केदारनाथ और बदरीनाथ के पोर्टल अगले महीने खुलेंगे

वह दिल्ली के लक्ष्मीनगर के सूर्या अस्पताल में भर्ती थे हालत में सुधार नहीं होने पर डॉ कुंवर बेचैन को आनंद विहार स्थित कोसमोस अस्पताल में शिफ्ट किया गया जहां उनका निधन हो गया कुंवर बेचैन ने बड़े बड़े कवियों के साथ लालकिले के राष्ट्रीय कवि सम्मेलन और अन्य बड़े मन्चों से अपनी कविताए प्रस्तुत की थी आकाशवाणी की ओर से कवि कुंवर बेचैन को भावभीनी श्रद्वांजलि